एन डी ए सरकार की चार साल की उपलब्धियों के बारे में ईटानगर में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि साफ नियत और सही विकास सरकार का नारा है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उन लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है जिन्हें विकास का लाभ नहीं मिला था रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत लोगों के बेहतर जीवन के लिए काम कर रही है जन धन योजना पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने यह योजना गरीब से गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए शुरु की है उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक भारतीय के बैंक में खाते है और इस योजना के तहत जारी बैलेंस पर खाते खोले गये मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा है कि राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश में खेती को लाभदायक बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रही है कल रोईंग में प्रर्वोत्तर किसानों मोर्चा संवाद बैठक और किसानों सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार रोईंग में संतरा नर्सरी अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय साईट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के सहयोग से दो करोड़ की लागत से राज्य बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडी के तहत दामबुक और पासीघाट में संतरे की पैकिंग के लिए पच्चीस लाख रुपए निर्धारित किये गए है केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं जन वितरण राज्य मंत्री सी आर चौधरी ने कल ईटानगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अमल की समीक्षा की उन्होंने राज्य में इसे लागू किये जाने से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का भी अध्ययन किया बैठक के दौरान राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलूंग मोसांग और भारतीय खाद्य निगम के आला अधिकारी उपस्थित थे श्री मोसांग ने बताया कि राज्य में अप्रैल दो हजार सोलह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा रहा है उन्होंने लाभार्थियों के चयन इसका डिजिटलीकरण शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की राज्यभर में कल से सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम शुरु हुआ पापुमपारे जिला मुख्यालय यूपिया में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला उपायुक्त जोराम बेदा ने स्वास्थ्य कर्मियों से जनजारुकता पैदा करने और लोगों को नमक चीनी और स्वच्छ जल से ओ आर एस घर पर ही बनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा जिला स्वास्थ्य अधिकारी सुबू तासो कामपू ने बताया कि सघन डायरिया पखवाड़ा के तहत चालीस हजार बच्चों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है तिरप वेस्ट सियांग लोअर सुबनसिरी चांगलांग नामसाई लोहित और अपर सियांग जिले में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है राज्य विधान सभा अध्यक्ष टी एन थोंदक ने वेस्ट कामेंग जिले में सभी विधान सभा क्षेत्र में एक समान विकास के लिए धनराशि आवंटित करने पर जोर दिया है बोमडिला में जिला बुनियादी विकास निधि की जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान उन्होंने जैविक खेती सड़क संपर्क सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए सतत प्रयास करने को कहा इधर पापुम पारे जिला उपायुक्र जोराम बेदा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से इस योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने का आग्रह किया है जिला उपायुक्त ने इस योजना के नोडल अधिकारी को बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है यूपिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सरकारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में पी एम यू वाई रुरल के अंतर्गत पांच सौ बहत्तर लाभार्थियों को निशुल्क एल पी जी कनेक्शन वितरित किये गए है इससे पहले नवनियुक्त जिला अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक में टीम भावना के साथ काम करने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने उन युवाओं महिलाओं और लोगों के लिए नये अवसर मिले हैं जो अपना कारोबार शुरु करना चाहते हैं या कारोबार बढ़ाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत बारह करोड़ लाभार्थियों को छह लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण बांटे गये हैं और एक सौ दस बैंक बहत्तर लघु वित्तीय संस्थाएं और नौ गैर वित्त पोषित कंपनियां आसान औपचारिकताएं पूरी कर ऋण देने का काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पचहत्तर प्रतिशत ऋण युवाओं और महिलाओं को दिया गया है कुल ऋण में से पचपन प्रतिशत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला है श्री मोदी ने कहा कि एक वो जमाना था जब वित्त मंत्री स्वयं बड़े औद्योगिक घरानों को ऋण दिलाने के लिए सब कुछ करते थे और छोटे उद्यमी जीवनभर साहूकारों को ब्याज चुकाते रहते थे